मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शीघ्र बुलाई समीक्षा बैठक

खुले बाजार में भी उपलब्ध होगा टीका

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड के दस हजार से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दस हजार चार सौ पचपन नये मामले सामने आये हैं जो एक दिन में अब तक की सबसे अधिक संख्या है सबसे अधिक दो हजार एक सौ छियासी मामलों की पुष्टि पटना से हुई है वहीं गया से एक हजार इक्यासी मामले सामने आये हैं मुजफ्फरपुर से पांच सौ चौवालीस सारण से पांच सौ तीस और औरंगाबाद से तीन सौ पचास पॉजिटिव मामले दर्ज किये गये हैं तीस जिलों से सौ से अधिक मामले सामने आये हैं राज्य में सात दिनों के अन्दर कोविड के मामलों की संख्या दोगुनी हो गयी है इस बीच कोरोना के अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे मामलों को देखते हुये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शीघ्र ही एक समीक्षा बैठक बुलाई है बैठक में कोरोना की रोकथाम को लेकर कई कड़े प्रतिबंध लगाये जाने की सम्भावना है भाजपा ने भी नाईट कर्फ्यू पर सवाल खड़े करते हुये सरकार से सप्ताह के अंत में सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है इधर कांग्रेस ने कहा है कि नाईट कर्फ्यू से कोई फायदा नहीं होने वाला है संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन ही एक मात्र विकल्प है गौरतलब है कि राज्य में पिछले कुछ दिनों से लगातार सात से आठ हजार के बीच कोविड के नये मामले मिल रहे हैं आज पहली बार एक दिन में संक्रमितों की संख्या दस हजार के आंकड़े को पार कर गयी है देशभर में पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो लाख उनसठ हजार एक सौ सत्तर लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसी अवधि में रिकॉर्ड एक लाख चौवन हजार सात सौ से अधिक मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी वहीं एक दिन में एक हजार सात सौ इकसठ मरीजों की मौत के साथ ही इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक लाख अस्सी हजार पांच सौ तीस हो गया है वर्तमान में देश में बीस लाख इकतीस हजार नौ सौ सतहत्तर कोरोना के सक्रिय मामले हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं श्री गांधी ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी उन्होंने हालिया दिनों में अपने सम्पर्क में आये सभी लोगों से कोविड जांच कराने का आग्रह किया है पटना मेडिकल कॉलेज के सात चिकित्सक आज कोविड पॉजिटिव पाये गये हैं पीएमसीएच के सत्तर डॉक्टर और पचास से अधिक नर्स अब तक संक्रमित हो चुके हैं बाढ़ स्थित एनटीपीसी संयंत्र के उनतीस कर्मचारी और उनके परिजन कोरोना संक्रमित पाये गये हैं सभी को होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है पश्चिम चम्पारण जिले के महुई गांव के रहने वाले भोजपुरी फिल्मों के जाने माने गीतकार श्याम देहाती की कोविड से मौत हो गयी उनका गोरखपुर में इलाज चल रहा था शेखपुरा जिला अधिवक्ता संघ ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हये कोर्ट रूम में काम नहीं करने का फैसला किया है संघ के महासचिव विनोद कुमार सिंह ने बताया कि तीस अप्रैल तक अधिवक्ता कोर्ट नहीं आयेंगे नालंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के दो चिकित्सक और दो एएनएम समेत छह कर्मी कोविड संक्रमित मिले हैं देश में पहली मई से अठारह वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को कोविड टीके लगाए जाएंगे केन्द्र सरकार ने कोविड टीकाकरण की नीति को अधिक उदार बनाने और तीसरे चरण की श्रूआत की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया इस चरण में पहले की तरह सरकारी टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण जारी रहेगा बैठक में वैक्सीन खुले बाजार में उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी इस फैसले के बाद वैक्सीन निर्माता कम्पनियां प्रत्येक माह पचास प्रतिशत टीकों की आपूर्ति कोन्द्र सरकार को करेगी और बाकी पचास प्रतिशत राज्यों के साथ साथ खुले बाजार में आपूर्ति के लिए स्वतंत्र होगी वैक्सीन कंपनियों को राज्य सरकारों और खुले बाजार में वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए इसकी कीमत की घोषणा पारदर्शी ढंग से पहले ही करने को कहा गया है एक रिपोर्ट बाईट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार अपने प्रयास के प्रति यह सुनिश्चित कर रही है कि कम से कम समय में अधिकतम लोगों का कोरोना बीमारी के खिलाफ टीकाकरण किया जा सके उन्होंने कहा कि भारत में काफी तीव्र गति से टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है और इस गति से और भी बढ़ाया जायेगा संक्रमण की स्थिति और वैक्सीन लगाये जाने की गति के आधार पर केन्द्र सरकार अपने हिस्से से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को टीका मुहैया करायेगी ये सभी टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जिसमें निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियों कांफ्रेंस के जरिये कोरोना वैक्सीन निर्माताओं के साथ बैठक की बैठक में मुख्य रूप से वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने और इसकी आपूर्ति प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करने पर विचार विमर्श किया गया श्री मोदी ने कल भी कोविड से उत्पन्न स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों देशभर के जानेमाने चिकित्सकों और दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सामान्य हो रही है उन्होंने कहा कि झारखंड से लिक्विड ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है श्री पांडेय ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति को लेकर भी हर स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि इस संबंध में केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री से बातचीत हुई है और उन्होंने राज्य को पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर की आपूर्ति का भरोसा दिया है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पचास हजार इंजेक्शन का ऑर्डर विभिन्न कम्पनियों को दिया गया है प्रदेश के कोरोना मरीजों के इलाज के लिए राज्य के विभिन्न अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की जानकारी अब संजीवनी एप पर दी जायेगी स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस एप को पिछले वर्ष विकसित किया गया था इसे पुनः अपडेट करने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है लोग इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देशभर की सड़सठ छावनी बोर्ड अस्पतालों में प्रत्येक रोगी को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी श्री सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक में सेना प्रमुख को स्थानीय कमांडरों से मुख्यमंत्रियों से संपर्क कर हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया साथ ही रक्षा मंत्री ने कोविड संकट के दौरान आम नागरिकों को सुविधाएं तेजी से उपलब्ध कराने को भी कहा केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को सिरे से खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा है कि यदि आप दस सेकेंड तक बिना किसी असहजता के अपनी सांस को रोक लेते हैं तो आप कोरोना संक्रमित नहीं है पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को खारिज करते हुये कहा है कि इसका कोई प्रमाणिक आधार नहीं है

बाईट नई दिल्ली स्थिति राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर एके बार्ष्णेय ने कहा है कि जिन लोगों को पहले कोविड हो चुका है उन्हें भी वैक्सीन लगवानी चाहिए

इधर देश में अब तक बारह करोड़ इकहत्तर लाख उनतीस हजार लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं उत्तर रेलवे अगले तीन दिनों के दौरान बिहार के लिए पांच और विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा रेलवे ने बताया कि सभी रेलगाड़ियां सामान्य रूप से चल रही हैं और यात्री आरक्षित टिकट बुक करा सकते हैं

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की सहायता के लिए पार्टी सेवा ही संगठन अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत करेगी श्री जायसवाल ने बताया कि इसके तहत जरूरतमंदों के बीच भोजन राशन मास्क और सेनीटाईजर जैसी आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया जायेगा राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने दो मई से सात मई के बीच आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है एनटीए ने कहा है कि परीक्षा तिथियों की घोषणा परीक्षा की शुरूआत से पन्द्रह दिन पहले की जायेगी कोविड उन्नीस संक्रमण को देखते हये बिहार लोक सेवा आयोग ने पच्चीस अप्रैल को आयोजित होने वाली पंचायत अंकेक्षक की प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है आयोग ने कहा है कि नई तिथि की घोषणा बाद में की जायेगी प्रदेश में मौसम प्रायः शुष्क बना हुआ है और अधिकतम तापमान सामान्य से एक से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया

कोविड महामारी के कारण श्रद्धालु अपने घरों में ही अनुष्ठान कर रहे हैं कल रामनवमी का त्योहार मनाया जायेगा राज्य सरकार ने रामनवमी पर किसी प्रकार के जुलूस या सामूहिक आयोजन पर रोक लगा दी है इधर रामनवमी पर पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर से भक्तों के लिए ऑनलाईन दर्शन की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड के नौनेर गांव में आज दोपहर भीषण अगलगी में एक बच्चे की जलकर मौत हो गयी इस अग्निकांड में लगभग एक दर्जन कच्चे घर जलकर नष्ट हो गये पश्चिम चम्पारण जिले के वाल्मीकिनगर से एसएसबी के जवानों ने दो तस्करों को तीन करोड़ रूपये मूल्य के मादक पदार्थ चरस के साथ गिरफ्तार किया है शेखपुरा जिले के जयरामपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने बीस लाख रूपये मूल्य की शराब बरामद की है मौके से तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया बांका जिले के शम्भूगंज थाना क्षेत्र के दीनदयालपुर में बालू के अवैध खनन के विवाद में दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी में दो युवकों मौत हो गयी बेगूसराय जिले की एक अदालत ने अपनी पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास और पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शीघ्र बुलाई समीक्षा बैठक

खुले बाजार में भी उपलब्ध होगा टीका